बताया जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर फैसला किया जा सकता है इससे पहले प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने कल नई दिल्ली में अधिकार प्राप्त समूहों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में स्थिति का जायज़ा लिया वहीं कल ओडिशा के बाद पंजाब ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है

कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि जिले में कोरोना वायरस के संकमण से निपटने के लिए निजी अस्पतालों का अधिग्रहण किया गया है

इनमें तीन डॉक्टर और एक बच्चा भी शामिल है

आंकड़ों को देखा जाये तो पिछले सात दिन में संक्रमितों की संख्या पांच गुना बढ़ गयी है मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हए लॉकडाउन का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है

कलेक्टर मनोज पृष्प ने बताया है कि पूणे से आई इस युवती की रिपोर्ट पॉजीटिव आई है

वहीं खंडवा में कल कोई भी नया मरीज नहीं मिला जिले में दो स्थानों पर कोरोना हॉटस्पाट घोषित किया है ग्वालियर में भी कोई नया मरीज नहीं मिला है यहां लॉकडाउन में अब आम नागरिकों के लिए नगरनिगम द्वारा चलित बाजार सेवा शुरू की गई है जिसके माध्यम से अब लोगों को घर घर जाकर उचित मूल्य पर राशन की वस्तुएं उपलब्ध कराई जायेंगी

उमरिया कलेक्टर ने व्यापारियों से अपील की है कि वे पार्सल रेलगाड़ियों की सुविधा का लाभ अपना उत्पाद बाहर भेजने या बाहर से सामान मंगाने के लिए कर सकते हैं उधर नीमच में सोमवार से उचित मूल्य दुकानों पर बिना पात्रता पर्ची वाले परिवारों को भी खाद्यान्न वितरण किया जायेगा शाजापुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी प्रतिबंधित अवधि में बाहर से आकर रहने और जानकारी छपाने के कारण दो व्यक्तियों के विरूद्व श्रजालपुर मंडी थाने में मामला दर्ज किया गया है

राजगढ़ में कल सात लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है

इससे मृत शरीर से होने वाले संक्रमण को रोका जा सकेगा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त फैज अहमद किदवई ने इस संबंध में सभी कलेक्टर पुलिस अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं आदेशानुसार किसी भी स्थिति में मृत शरीर को अन्यत्र जिले गृह जिले शहरी सीमा जहाँ संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हई है वहाँ से बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी गौरतलब है कि पिछले दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की मृत्यु के बाद उसकी पार्थिव देह इंदौर से रतलाम ले जाई गई थी जिससे रतलाम में भी संक्रमण फेलने की शंका जताई गई है शिवराज अपील सभी सांसदों की तरह प्रदेश में अब भाजपा के विधायक भी तीस फीसदी वेतन कम लेगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए दूसरे दलों के विधायकों से भी अपील की है कि वे भी वेतन में से कोरोना आपदा से निपटने में मदद करें

लॉकडाउन में आँगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को मिलने वाले नाश्ता और गर्म पका भोजन व्यवस्था प्रभावित होने के कारण रेडी दू ईट पूरक पोषण आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है

ऐसे में मुरैना में एक भाई बहन ने गरीबों की मदद कर मिसाल पेश की है पटी गली में रहने वाले दो स्कूली बच्चों आस्था और संयम पाराशर ने पिछले दिनों अपनी गुल्लक कलेक्टर प्रियंका दास को भेंट की है बच्चों ने बताया कि उन्होने अपनी ग़ुल्लक गरीब लोगों को संकट के समय भोजन देने के लिये कलेक्टर को दी है कलेक्टर ने इन बच्चों को खुश होकर चॉकलेट्स और परिवार वालों को शुभकामनाएं दी

हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए श्री टंडन इस वर्ष जन्मदिवस नहीं मनायेंगे

जिसे भूमिगत खदान के करीब लगाया गया है